बीजापुर जिले में माओवादियों ने आज एक यात्री बस को आग के हवाले किया कोई हताहत नहीं

उच्चतम न्यायालय के आदेश के अनुसार प्रदेश में भी दीपावली पर्व पर रात आठ से दस बजे तक ही फोड़े जा सकेंगे पटाखे माओवादी समर्पण नारायणपुर जिले में आज एक साथ बासठ माओवादियों ने पुलिस के समक्ष आत्मसमर्पण किया इनमें से इंक्यावन माओवादियों ने हथियारों के साथ आत्मसमर्पण किया है

जिले में माओवादियों के खिलाफ अभियान चलाया जा रहा है जिससे माओवादियों पर दबाव बढ़ा है

बस्तर रेंज के पुलिस महानिरीक्षक विवेकानंद सिन्हा और नारायणपुर पुलिस अधीक्षक जितेन्द्र शुक्ल के समक्ष इन माओवादियों ने हिंसा छोड़ने की शपथ ली बस्तर आईजी ने नक्सलियों के मुख्यधारा से जुड़ने की सराहना की वहीं आत्मसमर्पण करने वाले माओवादियों ने कहा कि अब वे सभी सामान्य जीवन जीना चाहते हैं आत्मसमर्पित माओवादियों में से पांच के नाम स्थायी वारंट जारी किया गया है ये सभी माओवादी प्रतिबंधित माओवादी संगठन कुतुल एरिया कमेटी के तहत तुमेरादि जनताना सरकार में पिछले नौ वर्षों से सक्रिय थे

पुलिस के अनुसार सोनपुर में नया कैम्प स्थापित किए जाने के बाद से माओवादियों पर दबाव बढ़ा है और वे समाज की मुख्यधारा में शामिल होने के लिए आत्मसमर्पण कर रहे हैं इस बीच खबर मिली है कि बीजापुर के गंगालूर थाना क्षेत्र के पेद्दापारा से माओवादियों ने जिन दो ग्रामीणों को अगवा कर लिया था उनमें से एक ग्रामीण की माओवादियों ने हत्या कर दी है वहीं माओवादियों ने दूसरे ग्रामीण से मारपीट करने के बाद उसे रिहा कर दिया राजनाथ माओवादी केंद्रीय गृहमंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि माआवोदियों के लिए बनाई गई आत्मसमर्पण की नीति बहुत सफल रही है इससे माओवादी हिंसा का रास्ता छोड़ रहे हैं श्री सिंह ने राज्य में माओवादियों द्वारा बड़ी संख्या में पुलिस के समक्ष आत्मसमर्पण किए जाने पर खूशी जाहिर करते हुए कहा कि उन्हें उम्मीद है कि अन्य उग्रवादी भी हिंसा का रास्ता छोड़ कर मुख्यधारा में शामिल होंगे गृहमंत्री ने राज्य के मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह पुलिस महानिदेशक और पुलिस बलों को उनकी बड़ी उपलब्धियों के लिए बधाई दी उन्होंने कहा कि माओवादियों द्वारा आत्मसमर्पण किया जाना इस बात का संकेत है कि छत्तीसगढ़ की सरकार माओवादियों के आत्मसमर्पण और पुनर्वास की नीति को प्रभावी तरीके से लागू कर रही है जिससे राज्य का सुरक्षा परिदृश्य तेजी से बदल रहा है माओवादी घटनाएं वहीं बीजापुर जिले में माओवादियों ने आज एक निजी ट्रैव्हल्स की यात्री बस को आग के हवाले कर दिया सभी यात्री सुरक्षित बताए जाते हैं पुलिस के अनुसार माओवादियों ने बीजापुर से उसूर जाने वाले मार्ग पर यात्री बस को रोका

इस बीच बस्तर जिले में सुरक्षा बलों ने आज एक मिलिशिया सदस्य को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है माओवादियों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत इस जनमिलिशिया सदस्य को कटेकल्याण थाना क्षेत्र के सूरनार बाजार पारा से सुरक्षा बलों ने घेराबंदी कर पकड़ा यह माओवादी बीते कई वर्षो से सूरनार धनीकरका और बड़ेगुडरा क्षेत्र में संक्रिय था इस माओवादी पर हत्या सड़क क्षतिग्रस्त करने माओवादियों के मदद करने और सुरक्षा बलों की रेकी करने का आरोप है चुनाव प्रचार छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव के प्रथम चरण के लिए अब महज पांच दिनों का समय ही बचा है जिन अट्ठारह विधानसभा क्षेत्रों में बारह नवंबर को प्रथम चरण के तहत मतदान होना है वहां चुनाव प्रचार तेज हो गया है विभिन्न राजनीतिक दलों के स्टार प्रचारक अपनी पार्टी प्रत्याशियों के समर्थन में धुआंधार चुनावी सभाएं ले रहे हैं पहले चरण के मतदान के लिए चुनाव प्रचार थमने से पहले प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी भी प्रचार के लिए पहुंचेंगे प्रधानमंत्री का नौ नवंबर को जगदलपुर में चुनावी सभा को संबोधित करने का कार्यक्रम है वहीं कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी भी नौ और दस नंवबर को छत्तीसगढ़ का दौरा करेंगे श्री गांधी राजनांदगांव में रोड शो करने के साथ ही चुनावी सभाएं लेंगे विस चुनाव उम्मीदवार प्रदेश में जिन बहत्तर विधानसभा क्षेत्रों में दूसरे चरण के तहत चुनाव हो रहे हैं वहां नाम वापसी के बाद एक हजार एक सौ एक उम्मीदवार चुनाव मैदान में बचे हैं इनमें सबसे अधिक छियालीस उम्मीदवार रायपुर दक्षिण विधानसभा क्षेत्र से है वहीं सबसे कम छह उम्मीदवार गरियाबंद जिले के बिंद्रानवागढ़ विधानसभा सीट से चुनाव मैदान में है नामांकन पत्रों की जांच के बाद बारह सौ उनचास उम्मीदवारों के नामांकन पत्र वैध पाए गए थे इनमें से अड़तालीस उम्मीदवारों ने अपने नाम वापस ले लिए गौरतलब है कि पहले चरण की अट्ठारह सीटों के लिए कुल एक सौ नब्बे उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे हैं इस तरह प्रदेश की सभी नब्बे सीटों पर एक हजार दो सौ इंक्यानवे उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं प्रदेश में दो चरणों में बारह और बीस नवंबर को मतदान होगा

प्रदेश प्रभारी पीएल पुनिया के निर्देश पर लोकसभावार समन्वयकों के नामों की सूची जारी की गई है इसमें रायपुर से प्रमोद दुबे महासमुद से अग्नि चंद्राकर बस्तर से छबिन्द्र कर्मा और कांकेर से फूलोदेवी नेताम सहित अन्य समन्वयकों के नाम शामिल है राशि बरामद चुनाव आयोग की उड़नदस्ता टीम ने जशपुर विधानसभा क्षेत्र के पत्थलगांव चेक पोस्ट पर आज वाहनों की जांच के दौरान एक ट्रक से दस लाख रूपये बरामद किए हैं यह ट्रक अंबिकापुर से कोयला भरकर तमनार की ओर जा रहा था मुखबिर से मिली सूचना के आधार पर पुलिस ने जब ट्रक की तलाशी ली तो ये रूपए बरामद हुए पुलिस की सूचना पर स्थैतिक दल ने मौके पर पहुंचकर कार्रवाई की मिली जानकारी के मुताबिक चुनाव आयोग के निर्देश पर प्रदेशव्यापी सघन जांच अभियान चलाया जा रहा है आचार संहिता के मद्देनजर पचास हजार रुपए से अधिक की राशि नगद रूप में ले जाना प्रतिबंधित है इसके लिए निर्वाचन आयोग द्वारा उड़नदस्ता और स्थैतिक निगरानी दल बनाया गया है जो अलग अलग रास्तों पर वाहनों की आवाजाही पर नजर रख रहा है सुप्रीम कोर्ट पटाखा समय उच्चतम न्यायालय के आदेश के अनुसार प्रदेश में भी दीपावली पर्व पर रात आठ से दस बजे तक ही पटाखे फोड़े जा सकेंगे इसका पालन सुनिश्चित करने के लिए राज्य सरकार ने तैयारियां तेज कर दी हैं इसके लिए संयुक्त निगरानी दल गठित किया गया है पर्यावरण संरक्षण मंडल द्वारा राजधानी रायपूर सहित बिलासपूर रायगढ़ कोरबा और भिलाई नगर जैसे प्रमुख शहरों में दीपावली के सात दिन पहले और उसके सात दिन बाद वायु प्रदूषण और पर्यावरण की स्थिति की निगरानी की जाएगी इसमें निर्धारित मानकों के अलावा वातावरण में एल्युमिनियम बेरियम और लौह तत्वों की मात्रा का भी आंकलन किया जाएगा पर्यावरण विभाग के अधिकारियों ने बताया कि हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय ने एक आदेश पारित कर दीपावली पर्व के दौरान पटाखे फोड़ने के लिए रात आठ से दस बजे तक का समय निर्धारित किया है इस अवधि में थाना प्रभारी अपने अपने इलाकों में पेट्रोलिंग कर इस पर निगरानी रखेंगे रात दस बजे के बाद पटाखा फोड़ने वालों पर कार्रवाई की जाएगी सर्वोच्च न्यायालय ने अपने आदेश में सिर्फ कम उत्सर्जन वाले अनुमोदित और हरित पटाखों के निर्माण तथा विक्रय की ही अनुमति दी है

इसे नरक चौदस भी कहा जाता है मान्यता के अनुसार आज के दिन को पाप नष्ट करने का दिन माना जाता है कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी के दिन मृत्यु के देवता यमराज की पूजा का विधान है पौराणिक कथा के अनुसार आज ही के दिन भगवान श्री कृष्ण ने नरकासुर का वध करके देवताओं और ऋषियों को उसके आतंक से मुक्ति दिलाई थी परंपरा के अनुसार रूप चौदस के दिन घरों के आंगन और बाहर रंगोली सजाकर चौदह दीये जलाए जाते हैं राज्य के विभिन्न स्थानों पर रौशनी के इस त्यौहार पर प्रतिष्ठानों और घरों में बिजली की झालरों से आकर्षक सजावट की गई है वहीं राजधानी रायपुर सहित प्रदेश के बड़े शहरों में बाजारों की रौनक देखते ही बन रही है कल रौशनी और आतिशबाजी का पर्व दीपावली मनाया जाएगा दीपावली को लेकर लोगों में खासा उत्साह है बाजारों में काफी चहल पहल और रौनक देखने को मिल रही है राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने प्रकाश के महापर्व दीपावली पर प्रदेशवासियों को हार्दिक बधाई देते हुए उनकी सुख समृद्धि और खुशहाली की कामना की है अपने संदेश में राज्यपाल ने कहा कि दीपावली का त्यौहार हमारी समृद्ध वैभवशाली परंपरा का अभिन्न अंग है दुर्घटना बलरामपुर रामानुजगंज जिले में बीती रात एक सड़क हादसे में एक बालक सहित तीन लोगों की मौत हो गई

पुलिस के अनुसार यह द्र्घटना बीती रात राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक तीन सौ तिरालीस पर राजपुर थाना क्षेत्र में हुई एक मोटरसाइकिल पर तीन लोग सवार थे इस बीच चारपहिया एक वाहन ने मोटरसाइकिल को अपनी चपेट में ले लिया आरोपी वाहन चालक फरार हो गया है वहीं जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ के लैलूंगा विधानसभा क्षेत्र के प्रत्याशी हृदयराम राठिया एक सड़क हादसे में घायल हो गए हैं